राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में कहा किसानों का अगले वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपया तक कृषि ऋण माफ होगा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

मास्क पहनें

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है ताकि उन्हें पूरे विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य बनाया जा सके प्रधानमंत्री उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डी पी आई आई टी तथा नीति आयोग के वेबिनार को सम्बोधित कर रहे थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रस्कार भारत के लोगों को समर्पित है उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छ इंधन के उपयोग का अनुपात लगातार बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि देष में एलपीजी गैस और एलईडी बल्ब का उपयोग बढ़ा है

वित्तमंत्री के उत्तर से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन का वाक आउट किया इसके बाद भी अपना जवाब जारी रखते हुए श्री उरांव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी दूर करेंगे सरकार यूनिवर्सल पेंशन योजना देने जा रहे है मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का काम किया है श्रम का उचित दाम दे रहे हैं इससे पहले वाद विवाद में भाकपा माले विधायक विनोद सिंह भाजपा के भानु प्रताप शाही कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह भाजपा के रामचंद्र चंद्रवंशी कांग्रेस की अंबा प्रसाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुदिव्य कुमार सहित कई विधायकों ने हिस्सा लिया पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों द्वारा किये गये आईईडी ब्लास्ट की चपेट में शहीद हुए तीन जवानों को शुक्रवार को उनके पैतुक गांव में अंतिम विदाई दी गयी शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी नक्सलियों के खिलाफ आकोश के साथ नम आंखों से पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीदों की अंत्येष्टि की गयी सिमडेगा जिले के कोलेबिरा के गोबरधंसा स्थित पैतृक गांव में शहीद लाल किरण सुरीन गोड़डा जिले के बोअरिजोर प्रखंड के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत घाना बिंदी गांव में हवलदार देवेंद्र कुमार पंडित और पलामू जिले के उंटारी रोड स्थित लहर बंजारी गांव में शहीद हरिद्वार साव को अंतिम विदाई दी गयी

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख अठ्ठारह हजार पांच सौ बावन लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

इधर धनबाद में तीसरे चरण का कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है स्थानीय सदर अस्पताल में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने अपना दूसरा वैक्सीन का डोज लिया उनके साथ अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों ने दूसरे डोज का टीका लिया टीका लेने के बाद उपायुक्त ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में टीका लेने की अपील की है

यह निर्णय केन्द्रीय नियासी बोर्ड की कल श्रीनगर में हुई बैठक में किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री संतोष कमार गंगवार ने की

रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विष्वविद्यालय में आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने तीन दिवसीय पूर्वी क्षेत्र प्रादेषिक कृषि मेला और एग्रोटेक किसान मेला का उदघाटन किया इस मेले में पड़ोसी तीन राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं इस मौके पर विष्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह ने किसानों कृषक महिलाओं एवं युवा उद्यमियों को उन्नत कृषि पष्टपालन वानिकी खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तथा घरेलू एवं अन्य कुटीर उद्योगों से संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी साझा की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को विष्वविद्यालयों द्वारा नई तकनीकी सुविधाओं से मिल रहे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने स्वीकार किया कि आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने के मामले में कुछ लोगों ने साजिश रचकर फंसाया है पुलिस अधीक्षक आज हजारीबाग सदर थाना में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे

इसमें जिला अवर निबंधक कार्यालय का सहायक भी शामिल है राज्य में संगठन को धारदार बनाने और पार्टी के विस्तार को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने आगामी सात मार्च रांची के हरमू मैदान में राज्यस्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है एनसीपी के विधायक कमलेश कुमार सिंह ने आज रांची में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी झारखंड सरकार में एनसीपी की भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा है कि एनसीपी का हेमंत सरकार के साथ पोस्ट पोल एलाइंस है पार्टी ने राज्य सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सात मार्च को प्रस्तावित झारखंड दौरे के कम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे उस वार्ता के कम में झारखंड में पार्टी को उचित सम्मान देने के संबंध में चर्चा होगी लोहरदगा जिले की पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियों को बरामद किया गया है पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सुचना के आधार पर सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के तूइमो क्षेत्र से पुलिस ने इन विस्फोटकों को बरामद किया

देवघर जिले की पुलिस ने करी मोहनपुर मारगोमुंडा और जसीडीह थाना के अलग अलग गांवों से दस साइबर अपराधियों को गिरफ़तार करने में सफलता हासिल की है गिरफ़तार साइबर अपराधियों के पास से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किये गये है इधर जामताड़ा जिले की पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ़तार किया है

गिरफ़तार चार साइबर अपराधी जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के झिलुवा गांव के रहने है जबकि एक आरोपी देवघर जिले के करौ गांव का रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस महीने की आठ तारीख को मनाया जाएगा आकाशवाणी समाचार इस सिलसिले में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं की सफलता की कहानियों से परिचित करा रहा है आज हम महिला की सफलता की कहानी से आपको अवगत करेंगे सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत महिलाओं को सषक्त बनाया जा रहा है ऐसी ही एक महिला हैं खूंटी जिले की खीस्टीना हेरेंज जो सखी मंडल से ऋण लेकर व्यवसाय षुरू कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है

खूंटी जिले के नक्सल प्रभावित मारंगहादा सीआरपीएफ कैम्प परिसर में आज सामुदायिक पुलिसिंग का कार्यक्रम आयोजित ग्रामीणों के बीच रेडियो मच्छड़दानी तथा कम्बल और युवाओं के बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया गया